एक प्रेस विज्ञप्ति में सरकार ने कहा है कि सभी निजी अस्पतालों की क्षमताओं का शत प्रतिशत उपयोग करने के लिए यह निर्णय लिया गया है

यह भी कहा गया है कि राज्य सरकारें और केन्द्र शासित प्रदेश राज्य या जिला स्तर पर कोविड टीकों का कोई बफर स्टॉक नहीं रखेंगे राज्य में आज भी कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत विभिन्न सत्रों में लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं झालावाड़ जिले में वैक्सीन लगवाने के लिए लोग उत्साह के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केन्द्रीय बजट में किए गए प्रावधान से शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के सरकार के प्रयासों को विस्तार मिला है उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में स्वास्थ्य के बाद सबसे अधिक ध्यान शिक्षा कौशल अनुसंधान और नवाचार पर दिया गया है शिक्षा क्षेत्र में बजट प्रावधानों को लागू करने पर आज आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं में आत्मविश्वास जरूरी है जो उनकी शिक्षा ज्ञान और कौशल से सीधे जुड़ा हुआ है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 झंझनूं जिले के भोड़की गांव में शहीद विक्रम सिंह का आज पूरे राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया शहीद को नमन करने के लिए जिला प्रभारी मंत्री और चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग विधायक राजेन्द्र गुढ़ा जिला कलेक्टर यूडी खान और पुलिस अधीक्ष मनीष त्रिपाठी के अलावा कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी पहुंचे गांव में युवाओं ने भी विकम सिंह की शहादत को नमन किया और उनके सम्मान में नारे लगाए

मुख्य सचिव ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाने के भी निर्देश दिए

उन्होंने बताया कि राज्य में बिजोलिया राजसमंद और डूंगरपुर में बड़े कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज विश्व वन्यजीव दिवस पर वन्यजीवों के संरक्षण में लगे सभी लोगों को नमन किया है उन्होंने बताया कि भारत में शेरों बाघों और तेंदुओं सहित विभिन्न पशुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी वन्यजीव दिवस पर पशु और वनस्पतियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने को कहा है

प्रदेश में आज भी कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है